इन सभी यात्रियों को तत्काल पास के चिकित्सा संस्थानों से सम्पर्क करने को कहा है इन यात्रियों तथा इनके सम्पर्क में आये लोगों की भी जांच करवाई जायेगी स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित क्मार सिंह की अध्यक्षता में आज जयपुर में हुई समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई उन्होंने बताया कि पोजेटिव पाये गये व्यक्ति के सम्पर्क में आये सभी लोगों की जांच करवाने और आवश्यकतानुसार उन्हें आईसोलेशन में रखने के निर्देश दिए गए है वहीं इस व्यक्ति की पत्नी और पुत्र को भी आईसोलेशन में रखा गया है और उनके खुन के नमूने लेकर जांच की जा रही है श्री सिंह ने आर्मी रेल्वे सहित सभी निजी बडे अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है

इनमें से तीन लोगों में ही वायरस की पुष्टि हुई है इधर जोधपुर मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना जांच कार्य शुरू कर दिया गया है बैठक में कई अधिकारी मौजूद थे इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लोगों से चीन इटली ईरान कोरिया जापान फ्रांस स्पेन और जर्मनी की यात्रा से बचने की सलाह दी है

कांग्रेस के विधायकों को जयपुर में लाये जाने की तैयारी है ये विधायक दोपहर तक यहां पहुंच सकते हैं इससे पहले कर्नाटक में राजनीतिक उथल पृथल के समय भी कांग्रस विधायकों को यहाँ लाया गया था

गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार के छह मंत्रियों सहित बाईस कांग्रेस विधायकों ने अपने पद से इस्तीफे दे दिए हैं इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था

बाईस सदस्यों के त्यागपत्र देने से विधानसभा की प्रभावी संख्या दो सौ छह रह जाएगी किसी भी पार्टी को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए एक सौ चार का जादुई आंकडा छूना होगा

लोकसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के दौरान बाधित रही कांग्रेस सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करना शुरू कर दिया और पूरे सत्र के लिए निलंबित अपने सात सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करने लगे

सहकारिता विभाग ने खरीद की तैयारियां शुरू कर दी है इस बार सरकार ने खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है इसके तहत जो किसान समर्थन मूल्य पर फसल बेचेंगे उनको खुद ईमित्र केंद्र पर पहुंचकर पंजीयन करवाना होगा सरकार ने फिंगर प्रिंट से रजिस्ट्रेशन करवाने की अनिवार्यता लागू कर दी है

मौसम विभाग के अनुसार आज कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है